पुलिस अधीक्षक मोनिका ने बताया कि बस पठानकोट से डलहौजी जा रही थी घायलों का डलहौजी बनीखेत और ककिरा स्वास्थ्य केंद्रों में ईलाज चल रहा है दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग प्रशासन व पुलिस सहित सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य को अंजाम दिया पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है हमारे जिला प्रतिनिधि के अनुसार कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को हर संभव मद्द के निर्देश दिए है

इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के सरकाघाट में युवामोर्चा के सम्मेलन और बल्ह विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसी तरह मंडी से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा मनाली विधानसभा क्षेत्र जबकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वोट मांगेंगे जबकि शिमला से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसम्पर्क अभियान में मौजूद रहेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज मंडी के चैलचोक व भंगरोटू में जनसभा को सम्बोधित करेंगे शिमला से पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे पर रहेंगे हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाक्र ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में जनसम्पर्क करेंगे इसी तरह मंडी से आश्रय शर्मा और कांगड़ा से पवन काजल अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे स्वीप इस बीच लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगातार स्वीप कार्यक्रम के जरिये लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है इस कड़ी में आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नियुक्त नोडल अधिकारी लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी देंगे

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजीकरण में उम्मीदवारों को अपना आधार नम्बर अंकित करना जरूरी है ये भर्ती सैनिक सामान्य डयूटी और सैनिक लिपिक व एसकेटी पदों के लिए होगी सम्मान शिमला रिथत इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में कार्यरत डाक्टर जितेंद्र कुमार मोक्टा को ग्रामीण और दुगर्म क्षेत्रों में सराहनीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अमरिकन कॉलेज ऑफ क्लीनिकल एंडोक्रीनोलॉजी सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डाक्टर मोक्टा इस पुरस्कार को हासिल करने वाले पहले भारतीय और गैर अमरिकी चिकित्सक है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर चम्बा जिला के पंजपुला के समीप कल रात हुई निजी बस दुर्घटना की ख़बर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से ख़बर को शीर्षक दिया है हिमाचल रेजिमेंट के गठन पर भाजपा गम्भीर चुनावी माहौल से जुड़ी ख़बरों को भी आज सभी अख़बारों ने प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की ख़बर है पांच बार कांग्रेस विधायक रहे सिंघी राम भाजपा में शामिल

आपका फैसला बतौर वीरभद्र सिंह लिखता है लोगों को धर्म के नाम पर बांटती है भाजपा अख़बार के मुताबिक मंडी से भाजपा प्रत्याशी को मिली बड़ी राहत आयकर रिटर्न मामले में राम स्वरूप शर्मा किसी भी प्रकार से दोषी नहीं दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग करने की तैयारी सिफारिशों के बाद भी प्रदेश सरकार ने रोकी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया कालका शिमला ट्रैक पर लंग्जरी एसी ट्रैन शुरू पांच घंटे में कालका से शिमला पहुंचेंगे सैलानी खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है

नमस्कार